ईटानगर में स्मार्ट सिटी आई सी सी केंद्र के लिए शिलान्यास समारोह को विधान सभा के दोरजी खांडू हॉल में आयोजित किया गया कार्यक्रम में अन्य गणमान्य लोगों के साथ गृहमंत्री कुमार वाई भी शामील थे प्रधानमंत्री ने गेंगटोक और नामची के लिए सिक्कीम में और त्रिपुरा में अगरतला के लिए सुविधाओं का श्रभारंभ किया प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेस के जरिए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर में कौशल मानव संसाधनों की भरपूरी है और क्षेत्र के शहरी केंद्रों का पूरे क्षेत्र में ग्रोथ हब के रुप में उभरने की क्षमता है उन्होंने विश्वास जताया कि वक्त पर सिस्टम सही होने पर प्रशासन शहर के कार्य कलापो का सही तरह से निगरानी कर पाएंगे विपक्षी दलों द्वारा राजभवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की संभावना को लेकर गृहमंत्री कुमार वाई ने राजनितिक पार्टियों छात्रों और अन्य विभिन्न संगठनो और आम नागरिकों से अपील की है कि वे राजधानी क्षेत्र में शांति बनाए रखे और उन्होंने कहा कि वे किसी भी प्रकार के हिंसा का सहारा लेने से बचे गौरतलब है कि विपक्षी दलों ने हाल ही में राज्यपाल से भेंटकर मुख्यमंत्री दोरजी खांडू की इस्तीफे की मांग की और कहा कि श्री खांडू खुद इस्तीफा नही देते है या राज्यपाल आठ मार्च तक श्री खांडू को मुख्यमंत्री पद से नही हटाते है तो वे राजभवन के बाहर लोकतांत्रिक आंदोलन चलाऐंगे गृहमंत्री ने कहा कि क्योंकि अभी छात्रों की सी बी एस सी परीक्षा चल रही है तो किसी भी प्रकार का आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए ताकि बच्चों की पढ़ाई पर बूरा असर न पड़े उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में चुनावो की घोषणा होने वाली है और चुनाव के लिए भी शांतीपूर्ण माहौल की जरुरत है राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने कल ईटानगर स्थित उच्च एवं तकनिकी शिक्षा विभाग के दो दिवसीय वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि अगर शिक्षा में समझौता हो जाता है तो ये आने वाले पीढ़ी के नेतृत्व के साथ समझौता है उन्होंने कहा कि शिक्षक प्रशिक्षित हो और वे शोध कर नवीन शिक्षण अवधारणाओं का विकास करे उन्होंने छात्रों से सरकारी नौकरी सिन्द्रोम से परे हटकर समाज में रोजगार सृजन करने वाला बनने का सुझाव दिया ताकि राष्ट्र को ओर उँचा उठाया जा सके राज्यपाल ने उच्च शिक्षा अधिकारियों से शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम और परियोजनाओं को गंभीरता से लेने को कहा ताकि राज्य की शिक्षण परिदृश्य को बल मिले वर्ष दो हजार सात आठ को नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित हुनली देसाली सड़क मार्ग के पुनर्निमाण फंड में अनियमितता की जांच के लिए ऑल देसाली क्षेत्र युवा संघ ए डी ए वाई ए ने प्रदेश निगरानी विभाग से अपील की एडीएवाईए के अध्यक्ष ओस्कर मेगा ने कल गुवाहाटी उच्च न्यायालय के ईटानगर बैंच द्वारा दिए निर्देश पर आधारित इस मसले पर रिट याचिका प्रस्तुत कर कहा कि इस वर्ष के तेरह फरवरी को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के ईटानगर बैंच ने निगरानी विभाग से इस मामले पर जल्द जांच का आदेश दिया था लेकिन विभाग अब तक इस मामले को नही उठा रहा है श्री मेगा ने बताया कि हुनली देसाली सड़क मार्ग पर पी एम जी एस वाई के पी डब्लू डी सड़क परियोजना के अंतर्गत नई परियोजना की योजना बनाया जा रहा है नई परियोजना के लिए संघ के विरोध को व्यक्त करते हुए श्री मेगा ने कहा कि इस सड़क पर पिछली परियोजना अब भी लंबित है तो ऐसे में नई परियोजना किस तरह से एक ही सड़क पर लागू किया जा सकता है विपक्षी दलों द्वारा ब्रधवार को राज्यपाल से मिलकर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग किए जाने को लेकर प्रदेश भाजपा विपक्षी दलों पर जमकर बरसे प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता दोमिनिक तादार ने कहा कि निहित स्वार्थ से बनाये गये स्थिति को लेकर उप मुख्यमंत्री गृहमंत्री और मुख्यमंत्री का इस्तीफा देने का सवाल ही नही उठता है राजधानी ईटानगर में बाईस तेईस और चौबीस फरवरी को घटे घटना का इल्जाम उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस द पीपूल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल नेशनल पीपूल्स पार्टी और जनता दल पर डाला मुख्यमंत्री के इस्तीफा न देने पर विपक्षी दलों द्वारा राजभवन पर धरना प्रदर्शन की धमकी पर बोलते हुए श्री तादार ने कहा कि पी आर सी मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है तो फिर विपक्षी राजनीतिक पार्टिया बेकार में मुद्दे क्यों बनाने की कोशिश कर रहे है तिरप जिले में कल स्थानीय विधायक वांगलीन लोवांगडोंग ने विभिन्न गांव के लिए सोलह आधारिक संरचनाओं का उद्घाटन किया खेल में चिकित्सा उप केंद्र तेसा नालाह पर आर सी सी प्रल पी डब्लू डी सब डिविजन कार्यालय पी एच सी अतिरिक्त ब्लॉक और बोरदुरिया में चिकित्सा उप केंद्र इत्यादी इसमें शामिल है श्री लोवांगडोंग ने इस अवसर पर बताया कि कापू में सरकार ने नवोदया विद्यालय की स्वीकृति दे दी है